श्री चौहान ने आज भोपाल में पत्रकारो से कहा कि मंत्रिमंडल से जुड़े सभी पहलुओं को लेकर प्रदेश संगठन से भी चर्चा हो गयी है इस संबंध में आज भोपाल में एक बैठक चल रही है जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा संगठन महामंत्री सुहास भगत शामिल हैं वहीं मुख्यमंत्री शीघ्र ही इस मसले पर केन्द्रीय नेतृत्व से मिलने दिल्ली जाएंगे

राज्य सरकार ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की गति निरंतर धीमी होती जा रही हैं

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल मंत्रालय में वीडियो कान्फ्रॅसिंग के माध्यम से कोरोना की स्थिति की समीक्षा की उन्होंने निर्देश दिए कि यदि किसी भी अस्पताल में कोरोना मरीज के इलाज में थोड़ी भी लापरवाही हुई तो दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी

हलांकि एक हजार आठ सौ पचास से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं

प्रहलाद पटेल बौद्व धर्म दर्शन और इतिहास भारतीय संस्कृति की विरासत है जो न केवल भारतीय जनमानस को बल्कि विश्व को शांति अहिंसा और सदभाव का संदेश देती है

कांग्रेस प्रदर्शन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि के विरोध में आज कांग्रेस ने राज्यव्यापी आंदोलन किया इस दौरान सभी जिला शहर और ब्लाक मुख्यालयों पर पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल और डीजल की कीमत कम करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह साइकिल से मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर ज्ञापन सौंपा उधर भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हए कहा कि कांग्रेस ने अपने वचनपत्र में डीजल और पेट्रोल के दामों में पांच रुपये कम करने की बात कही थी लेकिन उन्होंने दो रुपये बढ़ा दिये थे